देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज किया जा रहा है उन्हें नमन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं श्री गहलोत ने कल जयपर में समीक्षा बैठक में कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़े अस्पतालों में नहीं भेजना पड़ा यह हमारी रणनीति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अच्छा संकेत है उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढने की आशंका जाहिर की जा रही है ऐसे में राज्य सरकार की सजगता में किसी स्तर पर कमी नहीं रहे और हर स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध हों

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नये भवन निर्माण का काम जल्द पुरा करने के निर्देश दिए है

एसीएस उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि फ्लााइट में अधिकांश कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा थे डॉ अग्रवाल ने बताया कि इन लोगों के आते ही सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई एयर पोर्ट पर सभी को आरोग्य सेतु और राजकोविड एप डाउनलोड करवाया गया केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौटरहे भारतीयों से क्वारेन्टीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्तेभर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाये स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए शुरूआती सात दिन होटल में क्वारेन्टीन रेहने और बाद के सात दिन घर में अलग से रहने के संशोधति दिशा निर्देश जारी किए थे

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल सात दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से इनकार कर रहे है उन्हें केवल सात दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाये प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है

जहां से उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिये उनके गृह राज्य भेजा जायेगा

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर खासा असर पड रहा है

विभाग ने जोधपुर बीकानेर जयपूर भरतपूर और कोटा संभाग के जिलों में कही कही तेज लू की चेतावनी दी है

इस बीच जोधप्र बीकानेर जयप्र और भरतप्र संभाग में कहीं कहीं तेज धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है इधर जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने राज्य में तेज गर्मी के दौर को देखते हुए जिलों में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय पर रहते हुए अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जहां भी टिड्डी दल आने की सूचना मिल रही है वहां तुरन्त पहुंचकर टिड्डी नियंत्रण का काम किया जा रहा है इस बीच कल करौली और हिण्डौन क्षेत्र के कई गांवों में देर रात टिडिंडयों के दलों ने हमला कर दिया इस दौरान ग्रामीण इन्हें भगाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे देश के पहले प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा कि भारत के सुदृढ लोकतंत्र के शिल्पकार सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता सामाजिक न्याय और समानता के पुरोधा पंडित नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है हम उनके सपनों और आदर्शों को साकार करने के लिए प्रतिबद्व है